महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा में स्वच्छता के बारे में बताया था

होशंगाबाद जिले में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तेलंगाना द्वारा समस्त राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जीआईएस तकनीकी व्यक्तियों सहित वेबिनार में शामिल होने के लिए सूचित किया गया है उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश दिशा प्रणय नागवंशी ने बताया कि वेबिनार में प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिले के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में डीआईओ एडीआईओ एवं ईआरओ के साथ शामिल होने के लिए कहा गया है

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा इसके लिये कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है

मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने वाघेला की नियुक्ति का अनुमोदन कर लिया है वे आर एस शर्मा का स्थान लेंगे

कुलपति राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने डॉ रेणु जैन को इंदौर की देवी अहिल्या विष्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है

उनका कार्यकाल चार साल का रहेगा वहीं इलाहबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस के नाहर को राज्यपाल ने राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर का कुलपति नियुक्त किया है धर्मस्थल प्रवेश इंदौर जिला प्रषासन ने आज से सभी धर्मस्थलों को आमजन के लिए खोलने के आदेष जारी कर दिए हैं धर्मस्थलों में प्रवेष करने वाले सभी धर्मावलंबियों को मास्क पहनना और कोरोना के लिए बनाए गए षारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा श्रध्दालुओं को मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेष की अनुमति नहीं रहेगी आईपीएल दुबई में आईपीएल क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस को हरा दिया मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में बेंगलोर के नवदीप सैनी की कसी गेंदबाजी ने मुंबई इंडियंस को सिर्फ सात रन दिए कप्तान विराट कोहली ने जसप्रीत बुमरा की आखिरी गेंद पर चौका जड़ कर मैच जीत लिया विराट कोहली ने जीत का श्रेय नवदीप सैनी की गेंदबाजी को दिया है

आज अब्धावी में डेल्ही कैपिटल्स का मुकाबला सन राईजर्स हैदराबाद से होगा चुनाव दल इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा के उप चुनाव के लिये जिला प्रषासन ने वीडियों निगरानी दल उड़न दस्ता सहायक व्यय प्रेक्षक लेखा दल सहित अन्य दलों का गठन किया है इन सभी दलों को कल कलेक्टोरेट कार्यालय में प्रषिक्षण दिया गया

इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीजों का वितरण किया गया है कार्यक्रम का शुभारंभ केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किया

वेबिनार का उदघाटन उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू ने किया

आज पहले दिन देवास की कलापिनी कोमकली का गायन होगा